इससे पहले श्रीमती सीतारमण ने कल केन्द्र सरकार की ओर से घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के बारे में विस्तार से जानकारी दी सरकार के इस पैकेज के तहत दी गई राहत का प्रदेशभर में विभिन्न जनप्रतिनिधियों व्यापारिक संगठनों और लोगों ने स्वागत किया है

प्रवासी श्रमिकों के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में आज सुनवाई हुई अदालत ने पूछा कि बोर्डर पर फंसे लोगों को लाने के लिए सरकार ने क्या किया और ई पास की जरूरत क्यों है

इस बीच प्रदेश में विशेष रेलगाडियों और बसों के जरिये प्रवासियों का आवागमन जारी है

इसमें पाली जालोर नागौर जोधपुर उदयपुर राजसमंद और सिरोही के श्रमिक आये ट्रेन के यहां पहुंचने के बाद इन श्रमिकों की स्कीनिंग की गई और फिर इन्हें बसों के जरिये अपने गंतव्य के लिए रवाना किया गया

मौजूदा विशेष यात्री रेलगाड़ियों और अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाली अन्य गाडियों में यात्रा के लिए ये टिकट जारी किये जाएंगे

आरक्षण की अधिकतम अवधि सात दिन रखी गयी है यात्री कल से प्रतीक्षा सूची के लिये टिकट बुक करा सकेंगे इन रेलगाड़ियों में यात्रा के लिए आर ए सी टिकट जारी नहीं होगा राज्य सरकार ने लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने से पहले प्रदेश में कुछ शर्तो के साथ और गतिविधियों में छूट दे दी है

प्रदेश में कोरोना सक मित लोगों के स्वस्थ होने की दर में बढोतरी हो रही है

प्रदेश में लॉकडाउन के चलते केन्द्र सरकार की योजनाएं लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है